किसानों के लिये सहकारी फसली ऋण माफी शिविर आज भी जारी भाजपा का आज किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदेशभर में जेलभरों आंदोलन जयपुर होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला शहर

साथ ही चिकित्सा सहायता राशि भी बढ़ाकर पांच हजार रूपये की जाएगी

कार्यक्रम में श्री गहलोत ने जयपुर में गांधी संग्रहालय और शोंध संस्थान बनाये जाने की भी बात की

ये शिविर नौ फरवरी तक चलेंगे

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर के सिरसी गांव से कल इन शिविरों की शुरूआत की थी श्री पायलट ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों के कर्ज को मार्फ करने का वादा किया था और सरकार बनने के दो दिन में ही इस बारे में फैसला कर लिया गया

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सभी जिला केन्द्रों पर गिरफ्तारी देंगे

संभाग से सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में कल स्वाइन फ्लू से दो महिला मरीजों की मौत हो गई

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने कल कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता तथा गरीबों के प्रति संवेदनशीलता के लिए जानी जाती है

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कल लोक सभा में कहा कि प्रसार भारती की वजह से देश की परंपराओं और संस्कृति की जानकारी लोगों तक पहुंच रही है क्योंकि प्राइवेट प्रसारण चैनल व्यापारिक कारणों से कई कार्यक्रम नहीं दिखाते है

कल जयपुर में केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान का उदघाटन करते हुए श्री नाईक ने कहा कि जयपुर होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला शहर है

इस अवसर पर संस्थान में ओपीडी की भी शुरूआत हुई

यह जानकारी बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक डॉ बीएलमीना ने दी डॉ मीना ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया बदमाश राजस्थान के अलावा हरियाणा और पंजाब में भी कई मामलों में वॉंछित था राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कपिल गर्ग ने कल ही अंकित भाद की सूचना देने वाले अथवा उसको प पकडवाने में पुलिस का सहयोग करने वाले को एक लाख रुपये देने की घोषणा की थी बताया जा रहा है कि अंकित भादू के अलावा उसके दो साथी भी पुलिस की गोली के शिकार हुए हैं

प्रारम्भिक पूछताछ और जांच में सामने आया कि ये नोट कम्प्यूटर प्रिंटर से बनाए गये थे

पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बढ़ रही साईबर ठगी की वारदातों को देखते हुए एक टीम बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया